प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बालाकोट स्थित आतंकवादी शिविरों पर भारतीय वायु सेना की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को लिया आड़े हाथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेशवासियों को होली की श्भकामनाएं दी कुल्लू में हर्षोल्लास से मनाया गया होली का त्योहार प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को विज्ञापनों में सुरक्षाबलों या सुरक्षा कर्मियों से संबंधित समारोह की फोटो का प्रयोग न करने के निर्देश दिए है

इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने चुनावी प्रचार के लिए सुरक्षा बलों की फोटों का इस्तेमाल न करें प्रधानमंत्री संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकवादी शिविरों पर भारतीय वायु सेना की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है ऑडियो ब्रिज के माध्यम से आज देश भर के सुरक्षा गार्डो के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि बालाकोट में हवाई हमले किए गए लेकिन इसका दर्द भारत के कुछ लोगों द्वारा महसूस किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशस्त्र बलों पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारे वायु सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर वीरता दिखाई है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए चौकीदारों के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चला रखा है

सूर्य प्रकाश उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है नई दिल्ली में आज भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मीडिया वास्तव में लोकतंत्र को बनाये रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है वेकैंया नायड़ ने पेड न्यूज के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो जागरूकता सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचन सहभागिता अभियान स्वीप के तहत युवाओं को मतदान के महत्व की जानकारी देने के लिए सिरमौर जिले के श्री गुरु गोविंद सिंह डिग्री कॉलेज पांवटा में आज विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया इस दौरान प्रदेश प्रशासनिक सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारी मेजर शशांक गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में इस पर्व में युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए उन्होंने युवाओं को मतदाता पंजीकरण प्रपत्र वितरित किए और उनसे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज करवाने का आग्रह किया उधर ऊना जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज राजकीय उच्च पाठशाला भड़ौलियां कलां में स्वीप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया डीसी कांगड़ा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थानों के परिसरो में चुनावी रैलियां करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया है कि शैक्षणिक संस्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर भी चुनावी रैलियों के लिए अनुमति लेना जरूरी है उन्होंने कहा कि रैलियों की वीडियोग्राफी का भी प्रावधान किया गया है ताकि इन पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा सके

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे इधर सोलन के ज़िला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने ज़िले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है

गोपाल चंद ने कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जा रहा है अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्त्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का आहवान किया है जिला भाजपा मंडल द्वारा हमीरपुर में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में आज कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुंमुखी विकास हुआ है और केंद्र सरकार का वर्तमान कार्यकाल उपक्षियों भरा रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्थानीय लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को उन्होंने संसद में बढ़ चढ़ कर उठाया और क्षेत्र का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है सम्मेलन में विधायक नरेंद्र ठाकुर सहित पार्टी के जिला व प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चों व प्रकोष्ठों के प्रमुखों ने भी भाग लिया बधाई होली राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं आचार्य देवव्रत ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि होली उत्सव देश की विविध संस्कृति का परिचायक है और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्यौहार आपसी भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा जयराम ठाकुर ने कहा कि होली उत्सव से सामाजिक सौहार्द की भावना मजबूत होती है मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि ये उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में नया उत्साह और खुशहाली लेकर आएगा

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों को होली उत्सव की बधाई दी है कुल्लू होली कुल्लू में रंगों का त्योहार होली आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी कुल्लू में होली की शुरूआत बसंत पर्व से शुरू हो जाती है और होली तक हर रोज शाम के समय भगवान रघुनाथ जी पर गुलाल चढ़ाया जाता है सुल्तानपुर स्थित एक मंदिर के पुजारी मदन भारद्वाज ने बताया कि कुल्लू में होलिका दहन से पहले होली मनाई जाती है और यहां होलिका दहन को फाग के नाम से जाना जाता है फाग की रस्म पूरी होने के बाद कोई भी रंगों से नहीं खेलता है

लोग इस बार चीनी सामान को खरीदने से गुरेज कर रहे हैं और हर्बल व ऑर्गेनिक रंगों की खरीददारी कर रहे हैं सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि व्यापारी वर्ग ने चाईनिज सामान का बहिष्कार किया है और युवा भी प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दे रहे है सुजानपुर होली हमीरपुर के सुजानपुर में चल रहे राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव में आज हेल्दी बेबी शो प्रतियोगिता आयोजित की गई

पहले तीन स्थानों पर रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और दोपहर बाद से लाहौल स्पीति किन्गौर और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हल्का हिमपात हुआ वहीं राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का समाचार है बर्फबारी व वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है उधर केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि बर्फबारी से घाटी में सड़कें अवरूद्व हैं और हैलीकॉप्टर उड़ान न होने से स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेगी पोषण पखवाड़ा सोलन जिले में आठ मार्च से शुरू हुए पखवाड़े के तहत महिला व बाल विकास विभाग द्वारा अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकाओं द्वारा बच्चों को पोषण के संबंध में जानकारी दी जा रही है जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने बताया है कि अभियान के तहत आज नालागढ़ उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपूरा और धर्मपूर की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कठनी में बच्चों को संतुलित आहार की जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि पोषण अभियान के तहत समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके